उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में शुरू करेंगे ग्राम पुस्तकालय मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में करोड़ों श्रद्वालुओं ने संगम में लगाई डुबकीहरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि किच्छा लालढांग और पैठाणी में मॉडल और व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना से इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की आध्निक और तकनीकि दक्षता की पहुंच होगी इससे राज्य में युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के मार्ग खूलेंगे

विधायक राजेश शुक्ला ने कहा किच्छा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा

डारावत ने पैठाणी में इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में पुस्तकालय स्थापना और संचालन के लिए पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग को नोडल बनाया गया है श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग ढाई सौ पुस्तकालय स्थापित किये जाएंगे प्रत्येक पुस्तकालय में लगभग बीस हजार पुस्तकें और दो दैनिक समाचार पत्रों की व्यवस्था होगी पाठकों को पुस्तकालय में गढ़वाली और क्माऊंनी की पुस्तकें भी पढ़ने को मिलेगी पुस्तकालयों के निर्माण के लिए डाधन सिंह रावत एक करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाएंगे स्लग एम्स ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने कहा कि एम्स ऋषिकेश मरीजों को द्रनिया में मौजूद नवीनतम और आध्निकतम जांच सुविधाएं मुहैया कराएगा यहां आयोजित पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कार्यशाला में उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऐसे कई संसाधन जुटाए जा चुके हैं जबकि सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं एम्स निर्देशक ने पल्मोनरी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला की सराहना की इस अवसर पर इटली के डारोबर्टो पेरिसिन और उनकी टीम ने सांस से संबंधित आधुनिक जांच समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने बताया कि सांस के रोगी कई बार स्पायरोमैटरी जांच नहीं करा पाते हैं ऐसी स्थिति में फोरस्ड ओसिलोमैटरी द्वारा मरीजों की सफलतापूर्वक जांच संभव है उन्होंने बताया कि इस जांच से दमा और सीओपीडी के मरीजों में अंतर को भी समझा जा सकता है दो दिवसीय कार्यशाला में देश विदेश के सौ से अधिक चिकित्सकों ने हिस्सा लिया

दोपहर तक तीन करोड़ से अधिक श्रद्धाल स्नान कर चुके थे श्रद्धालओं ने हैलीकॉप्टर से पूष्प वर्षा भी की विभिन्न अखाड़ों के संतो और साधुओं का नृत्य और प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहा वहीं हरिद्रवार स्थित हरकी पैड़ी में भी लाखो श्रद्दालुओं ने गंगा स्नान किया श्रद्दालुओं ने सूर्योदय के साथ ही गंगा स्नान शुरू कर दिया और दान भी किया ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह नजर आया स्नान को मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गये हैं

चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं स्लग राजनाथ सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेनषण ब्यूरो सीबीआई की कार्रवाई को उचित ठहराया है उन्होंने ऑज कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई सम्मन का जवाब देने में विफल रहे इसलिए सीबीआई को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा लोकसभा में शून्य काल के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृहमंत्री ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी और अभूतपूर्व बताया राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है

मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है साथ ही मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कोहरा परेशान कर सकता है

हालांकि सात फरवरी मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है स्लग विज्ञान भवन समारोह देहराद्रन के आंचलिक विज्ञान केंद्र की तीसरी वर्षगांठ पर आज समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं और शिक्षकगणों ने शिरकत की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग के सचिव आरके सुधांशु ने कहा कि विज्ञान केंद्र को विज्ञान नगरी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है इससे बच्चों को विज्ञान की नई तकनीको को जानने और समझने का मौका मिलेगा इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डा राजेंद्र डोभाल ने बताया कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना और बच्चों में छिपी नई क्षमताओं को उजागर करके स्थापित करना हमारा उददेश्य है इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने विज्ञान की क्षमताओं विकास और उसकी यात्रा पर अपने अपने अनुभव साझा किए

उन्होंने कहा कि पहाड़ में युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है

कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से आये शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल नीलामी में लोअर रिजर्व प्राइस पर बिडिंग कर सकते हैं